एनडीए और सीडीएस की परीक्षा आज राजधानी रांची के सैंतालीस केन्द्रों पर हो रही है

इसके माध्यम से स्कूली और उच्च शिक्षा स्तर पर बडे सुधारों का लक्ष्य है नई शिक्षा नीति का उद्देश्य देश को सक्रिय और समावेशी ज्ञान का केन्द्र बनाना है इसका लक्ष्य एक ऐसी शिक्षा प्रणाली लागू करना है जो भारत को वैश्विक महाशक्ति बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सके एनईपी के जरिये देश की शिक्षा प्रणाली में आदर्श बदलाव लाया जायेगा वहीं देशभर में इसके विभिन्न पहलुओं पर कई बेबिनार वर्चुअल काफ्रेंस और कॉनक्लेव भी आयोजित किये जा रहे हैं राज्यपाल सम्मेलन में सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री विश्व विद्यालयों के क्लपति और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी भाग लेंगे रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कल शाम ईरान के विदेश मंत्री ब्रिगेडियर जनरल आमीर हतामी से बातचीत की श्री सिंह मॉस्को से स्वदेश लौटते हुए तेहरान में रूके थे दोनों मंत्रियों के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई दोनों नेताओं ने भारत और ईरान के बरसों पुराने सांस्कृतिक भाषाई और सामाजिक संबंधों पर जोर दिया उन्होंने द्विपक्षीय सहयोग को आगे ले जाने के तरीकों पर बातचीत की और अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता सहित क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया राज्य में पिछले चौबीस घंटे के दौरान कोरोना संकमितो की कुल संख्या अड़तालीस हजार तैंतालीस हो गयी है इनमें एक हजार सात सौ चौवन संक्रमितों के नये मामले सामने आये हैं वहीं बत्तीस हजार तैतालीस लोग उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं जबकि पंद्रह हजार पांच सौ पैतालीस सक्रिय मामले हैं वहीं अब तक चार सौ पचपन लोगों की मौत कोरोना संकमण से हो चुकी है राज्य में फिलहाल कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर अड़सठ दशमलव नौ तीन प्रतिशत हो गयी है

आज भी कैंप लगाये गये हैं जहां लोग कोरोना जांच के लिए सैंपल जमा करा रहे हैं

शहीद चौक स्थित जिला स्कूल परिसर में कोरोना टेस्ट के लिए लोग लाईन में लगे हैं आज जिला स्कूल क्रॉउन पब्लिक स्कूल रात डोरंडा कॉलेज डोरंडा राम लखन सिंह कॉलेज तरुण विकास मिडिल स्कूल चुटिया गवर्नमेंट स्कूल बरियातू जगन्नाथ क्लब धुर्वा एवं स्वागत बैक्वटे हॉल हरमू में कोरोना जांच की जा रही है

इस समय भारत में मृत्यु दर एक दशमलव सात तीन प्रतिशत है जो विश्व में सबसे कम है

इस सूची में आंध्र प्रदेश शीर्ष स्थान पर उत्तर प्रदेश दूसरे और तेलगाना तीसरे स्थान पर है झारखंड इस सूची में उत्तर पूर्व राज्यों की श्रेणी में खनिज संपदाओं से संपन्न अकेला राज्य है यह रैंकिंग केन्द्र सरकार ने विश्व बैंक की मदद से शुरू की है इसमें राज्य सरकारों की तरफ से कंस्ट्रक्शन परमिट श्रम कानून पर्यावरण संबंधी पंजीयन सूचना और भूमि की उपलब्धता और सिंगल विंडो को मानक बनाया गया है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कल एक समारोह में ईज ऑफ ड्इंग बिजनेस कारोबारी सुगमता के संदर्भ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की वरीयता सूची जारी की इस अवसर पर केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि केंद्र सरकार सहयोगात्मक और प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है उन्होंने कहा कि भारत पिछले दो वर्षों से कारोबारी सुगमता के मानकों में सुधार करने वाले दस शीर्ष देशों में शामिल है उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत मजबूत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बनाने में समान विचार वाले देशों के साथ मिलकर काम करेगा जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी यात्रा सुचारू रूप से चल रही है

श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश कुमार ने कहा है कि श्रद्धालुओं ने श्रद्धासुमन विशेष पूजा के लिए ऑनलाइन बुकिंग करानी शुरू कर दी है और सभी निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करते हुए यात्रियों के ठहरने की व्यस्था भी आरंभ कर दी गई है यात्रियों की सुविधा और आराम के लिए बैटरी चालित वाहन यात्री रोपवे और हेलीकॉप्टर सेवाएं सुरक्षित दूरी तथा अन्य एहतियाती उपायों का पालन करते हुए सुचारू रूप से चल रहे हैं इसके अलावा ताराकोटा मार्ग और साझी छत पर प्रसाद केन्द्र में तीर्थयात्रियों के लिए मुफ्त लंगर चल रहा है यात्रा पंजीकरण केन्द्रों पर लोगों के जमावड़े से बचने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की अनुमति दी गई है

बैठक में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए बेड की संख्या बढ़ाने को लेकर विस्तृत चर्चा की गयी उपायुक्त ने जिले के संबंधित पदाधिकारियों को पांच हजार बेड की तैयारी करने का निर्देश दिया है फिलहाल सरकारी और निजी अस्पतालों को मिलाकर दो हजार दो सौ चालीस बेड की व्यवस्था है उपायुक्त ने सिविल सर्जन को एक हजार मेडिसिन किट तैयार करने का भी निर्देश दिया है ताकि होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को किट दिये जा सके आज संघ लोक सेवा आयोग द्वारा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौ सेना अकादमी परीक्षा राजधानी रांची के सैंतालीस केन्द्रों पर हो रही है परीक्षा में बीस हजार सैंतालीस परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं दो पालियों में हो रही यह परीक्षा सुबह दस बजे से साढ़े बारह बजे तक और दोपहर दो बजे से साढ़े चार बजे तक होगी

बोकारो पुलिस ने रांची से कल अंतरराज्यीय कोढ़ा गैंग के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है इनके पास से दो बाइक और डेढ़ लाख रूपये भी बरामद किए गए हैं कोढा गैंग ने बोकारो के अलग अलग क्षेत्रों में लूट की कई घटनाओं को अंजाम दिया है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

इसकी जांच सीआईडी को सौंपी गयी है

अध्यक्ष पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी राशि को बिना धान खरीदे ही खर्च कर दिया था जब राशि सरेंडर करने का आदेश आया तो समिति ने हाथ खड़े कर दिए हाईकोर्ट के निर्देश पर सीआईडी को गोड्डा में जांच का जिम्मा दिया गया है

ये मामले विभिन्न वर्षो में धान अधिप्राप्ति को लेकर है स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के जिन लाभुकों ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम फार्म एनएसएपी जमा नहीं किया है

खूंटी जिले के कई इलाकों में अवैध उत्खनन का कार्य जारी है अवैध खनन के खिलाफ वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए पत्थर लदे दो ट्रैक्टर को जब्त किया वहीं एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया है जबकि अंधेरा का फायदा उठाकर चालक फरार हो गया यह कार्रवाई खूंटी थाना क्षेत्र के बेलांगी इलाके में की गयी इसकी जानकारी देते हुए वनपाल ने बताया कि मंदरुटोला के नेहरू गंझू और मनोज गोप अवैध उत्खनन के कार्य में पूर्व से ही सक्रिय हैं

शिक्षक दिवस के मौके पर ंकल राजधानी रांची में विभिन्न खेलों से जुड़े खिलाड़ियों ने अपने अपने गुरूओं को सम्मान देकर आभार प्रकट किया यह कार्यक्रम रांची जिला ताइक्वांडो संघ की ओर से एसबी पब्लिक स्कूल धुर्वा में आयोजित किया गया था मोरहाबादी स्थित हॉकी स्टेडियम में भी प्रशिक्ष् पहलवानों ने अपने प्रशिक्षकों को सम्मानित कर शिक्षक दिवस मनाया इसके अलावा इमा के करार्टेकारों ने अपने सीनियर को और हरमू के सीनेट क्लब में खिलाड़ियों ने रांची यूनिवर्सिटी के पूर्व कोचों को सम्मानित किया राज्य में कल से नौ सितंबर के बीच विभिन्न जगहों पर छिट पुट बारिश हो सकती है मौसम विभाग के अनुसार इस माह के अंत तक सामान्य स्थिति बनी रहेगी यह स्थिति निम्न दबाव के कारण हो रही है और मॉनसून में बारिश के कारण हवा का बहाव रूक रूककर हो रहा है